देश को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा मिशन शक्ति का उद्देश्य देश की संपूर्ण सुरक्षा को मजबूत करना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भरोसा दिलाया कि इसका इस्तेमाल किसी देश के खिलाफ नहीं किया जाएगा प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में दस सीटों के मतदान के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ शुरू होगी नामांकन की प्रक्रिया मतदान तेइस अप्रैल को राज्य में आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में अब तक हटाये गये सत्ताईस लाख से अधिक वॉल राइटिंग पोस्टर्स और बैनर्स एक सौ बारह करोड़ से अधिक की धनराशि की गयी जब्त रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआर डीओ ने उपग्रहमेदी प्रक्षेपास्त्र ए सैट का सफल परीक्षण किया

सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि मिशन शक्ति के तहत तीन चरणों वाले इस प्रक्षेपास्त्र ने अपने सभी उद्देश्यों को पूरा किया राष्ट्र के नाम संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने पृथ्वी की निचली कक्षा में एक सक्रिय उपग्रह को निशाना बनाकर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है उन्होंने बताया कि उपग्रह भेदी प्रक्षेपास्त्र लक्ष्य को महज तीन मिनट में नष्ट कर दिया भारत ने आज अपना नाम अंतरिक्ष महाशक्ति स्पेश पावर के रूप में दर्ज करा दिया है अब तक दुनिया के तीन देरा अमरीका रूस और चीन को यह उपलक्षि हासिल थी अब भारत चौथा देश है जिसने आज यह सिद्दी प्राप्त की है हर हिन्दुस्तानी के लिए इससे बड़े गर्व का पल नहीं हो सकता है

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह भारत की सुरक्षा की दिशा में उठाया गया कदम है और इससे शांति और सदभाव को बढ़ावा मिलेगा मैं आज विश्व समुदाय को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमने जो नई क्षमता प्राप्त की है यह किसी के विरूद्व नहीं है यह तेज गति से आगे बढ़ रहे हिन्दुस्तान की रक्षात्मक पहल है आज का यह परीक्षण किसी भी तरह के अंतर्राष्ट्रीय कानून अथवा सांधि समझौतों का उल्लंघन नहीं करता है वीडियो काफ्रेंस के जरिए वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया के तहत हासिल इस उपलब्धि ने पूरे विश्व को यह संदेश दिया है कि भारत किसी से कम नहीं

श्री कोविंद ने कहा कि यह सफलता देश के लिए एक निर्णायक क्षण है उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस सफल प्रक्षेपण के साथ भारत दुनिया में एक अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में उभरा है रक्षा विशेषज्ञ उदय भास्कर ने आकाशवाणी को बताया कि यह परीक्षण सामरिक दु ष्टिकोण से देश के लिए अहम है उन्होंने कहा कि अभी तक विश्व में केवल तीन देशों के पास यह क्षमता था और अभी भारत चौथा है श्री भास्कर ने कहा कि भारत ने यह सफलता अपने ही प्रयास से प्राप्त किया है अर्थात यह सफलता एक उदाहरण है मेक इन इंडिया का भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने कहा कि पिछली सरकार ने इस परीक्षण की अनुमति नहीं दी थी ये बहुत समय पहले से हमारे वैज्ञानिकों की इच्छा रही थी और उनका कहना था कि उनके पास यह क्षमता है और भारत सरकार हमें अनुयति नहीं देती है

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि सैनिकों को अपमानित करने के बाद विपक्ष के नेता वैज्ञानिकों का मजाक उड़ा रहे हैं

भारतीय जनता पार्टी के हरदोई से सांसद अंशुल वर्मा ने कल पार्टी से इस्तीफा दे दिया इसके साथ ही वह समाजवादी पार्टी में शामिल हो गये हैं उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की इस बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संवाददाताओं से बातचीत में कांग्रेस और भाजपा पर निशाना साधते हए कहा कि दोनों पार्टियों के बीच कोई फर्क नहीं है उन्होंने कहा कि देश को पीछे ले जाने गरीबी और देरोजगारी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है श्री यादव ने कहा कि भाजपा ने किसानों की कर्जमाफी और उनकी आय दोगुना करने का जो सपना दिखाया उससे किसानों को कोई खास फायदा नहीं हुआ उधर बसपा और सपा समेत कई और दलों के नेता कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेन्द्रनाथ पांडेय की उपस्थिति में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आये नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई गयी पार्टी में शामिल होने वालों में सपा की पूर्व विधायक शकुन्तला देवी बसपा के पूर्व विधायक लोकेश दीक्षित और रमेश बिन्द तथा रालोद के पूर्व विधायक सत्येन्द्र सोलंकी शामिल हैं इसके साथ ही भोजपुरी गायक और अमिनेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ भी भाजपा में शामिल हो गये हैं भोजपुरी कलाकार ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में प्रदेश की दस सीटों पर होने वाले मतदान के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी जो चार अप्रैल तक चलेगी नामांकन पत्रों की जांच पांच अप्रैल को होगी और आठ अप्रैल तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे इस चरण में मुरादाबाद रामपुर संभल फिरोजाबाद मैनपुरी एटा बदायूँ ऑवला बरेली पीलीभीत संसदीय क्षेत्रों में तेईस अप्रैल को मतदान होगा इन संसदीय क्षेत्रों में एक करोड़ छियत्तर लाख मतदाता है जिनमें अस्सी लाख नबे हजार महिला मतदाता शामिल हैं जबकि दो लाख अट्ठान्नबे हजार छह सौ उन्नीस युवा मतदाता इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे इन निर्वाचन क्षेत्रों में बारह हजार एक सौ अट्ठाइस मतदान केन्द्र हैं लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में प्रदेश की आठ सीटों पर होने वाले मतदान के लिए एक सौ छब्बीस प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किये हैं छब्बीस मार्च नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि थी नामांकन पर्चो की जांच कल की गयी कल तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे इस चरण में प्रदेश की अमरोहा अलीगढ़ मथुरा फतेहपुर सीकरी के साथ नगीना बुलंदशहर हाथरस और आगरा सीटों पर अट्ठारह अप्रैल को मतदान होगा वहीं पहले चरण में प्रदेश की आठ सीटों के लिये दाखिल किये गये एक सौ छियालिस नामांकन में से उन्चास नामांकन जांच के दौरान अवैघ पाये गये केवल सन्तानवे नामांकन ही वैघ हैं आज उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे इस चरण का मतदान ग्यारह अप्रैल को होगा प्रदेश में आदर्श आचार संहिता के अन्तर्गत प्रचार सामग्री को हटाने के लिए चलाये जा रहे अभियान के तहत अब तक कुल सत्ताईस लाख बत्तीस हजार नौ सौ उन्तालिस वॉल राइटिंग पोस्टर्स बैनर्स सहित अन्य आपत्तिजनक सामग्रियों को सार्वजनिक एवं निजी स्थानों से हटा दिया गया है या ढक दिया गया है प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल लखनऊ में यह जानकारी देते हुए बताया कि आयकर नारकोटिक्स पुलिस तथा आबकारी विभाग द्वारा की गई कार्रवाई में अब तक कुल एक सौ बारह करोड़ पैंसठ लाख रूपये की धनराशि जब्त की गयी है आबकारी विभाग द्वारा चौबीस करोड़ से अधिक कीमत की आठ लाख चौहत्तर हजार लीटर से अधिक की शराब जब्त की गयी इसके अलावा उन्सठ करोड़ से अधिक मूल्य की बहुमूल्य धातुए भी जब्त की गयी है मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कानून व्यवस्था के तहत अब तक छः लाख तिरसठ हजार आठ सौ अट्ठासी लाइसेंसी शस्त्र जमा कराये गये हैं तथा तीन सौ तैंतालिस लोंगो के लाइसेंस निरस्त किये गये हैं

राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक और नेता अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील कर रहे हैं प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने शामली जिले में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करते हुए कहा कि कैराना क्षेत्र से लोगों का पलायन रूक गया है लोगों को सुरक्षा का माहौल मिल रहा है और जिले में विकास की रफ्तार तेज हई है बस्ती जिले में भाजपा के लोकसभा चुनाव के प्रचार की शुरुआत कल विनय कटियार ने किया श्री कटियार ने बस्ती में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सपा और बसपा सिर्फ जनता को धोखा दे रही है और छल रही है उन्होंने ने कहा कि सपा बसपा और कांग्रेस ने आज तक कोई विकास नहीं किया सिर्फ चुनाव आते ही झूठे वादे करती है वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कल अमेठी के मुसाफिर खाना और जगदीशपुर में कॉग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया